केंद्र सरकार और किसानों के बीच पांचवे दौर की वार्ता कल समाप्त अगली बैठक बुधवार को होगी प्रदेश में कोविड लोकेटर ऐप मेरा कोविड केन्द्र किया गया लांच राज्य में अब कोविड टेस्टिंग होगी और भी सुगम राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के तहत गंगा के किनारे स्थित सत्ताईस ज़िलों के एक हज़ार अड़तीस राजस्व गांवों का होगा समुचित और आर्थिक विकास

श्री योगी ने वीडियो काफ्रेंसिंग के ज़रिये नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हए कहा कि बेसिक स्तर के शिक्षकों की भूमिका अहम है क्योंकि यह देश के भविष्य की नींव मजबूत करते हैं उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी के साथ काम करना एक चुनौती है जिसमें कई रूकावटे आती हैं लेकिन इसके बावजूद राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी श्चिता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई गई है समी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिये जा रहे है बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एकबार देखेंगे मेरिट के आधार बिना मेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइरा कही से भी नहीं होनी चाहिये पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिये और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम तोग बेसिक शिक्षा परिषद उन सीी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान ज्यये है इन सभी हमें तीव्रगति से आगे बढ़ाने का कार्य अब प्रारम्म करना चाहिये जब भी बेसिक सिक्सा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम उस रौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता को साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे उधर प्रदेश के सभी जिलों में नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने चार सौ से अधिक चयनित अम्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये हैं समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से राज्य में शिक्षा के स्तर में ख़ासा सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रही है हाथरस में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने तीन सौ सड़सठ नवचयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये है महोबा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने एक सौ दो सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये हैं वहीं प्रतापगढ़ में क्षेत्रीय सांसद संगम लाल गुप्ता ने चौरान्नबे चयनित अम्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये सिद्वार्थनगर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने एक कार्यक्रम में सात सौ साठ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र साँपे इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि मौजूद सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर बढ़ा है उन्हॉने कहा कि इस भर्ती से बच्चों को गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा मिलेगी इसके अलावा कानपुर देहात मिर्जापुर सुल्तानपुर में भी जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये लखनऊ समाचार केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे तथा अगले दौर की बातचीत नौ दिसम्बर को होगी केंद्रीय क षि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाए लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया गया है केंद्र ने कल किसानों के मुद्दों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पांचवे दौर की बातचीत की श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड लोकेटर ऐप मेरा कोविड केन्द्र लांच किया इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा रिक्षा विभाग के साथ साथ कई विभागों के बेहतर तालमेल का नतीजा है कि राज्य में प्रतिदिन डेढ़ लाख से पौने दो लाख तक टेस्ट हो रहे हैं

उस दौरान एक दिन में सिर्फ बहत्तर टेस्ट हो पाते थे

मुख्यमंत्री ने आने वाले कोरोना वैक्सीन के भंडारण और व्यवस्था की सुक्वियाओं तथा कोल्ड चेन के लिए आवश्यक तैयारियां की मी समीक्षा की

उन्होंने कहा कि वैक्सीन का मंडारण जनपद और मंडलीय स्तर पर किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुख्बा के लिए पुलिस विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके उन्होंने वैक्सीन तगाने के लिए चिकित्सा कर्मियों को बड़ी संख्या में मास्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए वहीं मुख्यमंत्री ने कल कोविड जांच केंद्रों की जानकारी के लिए स्मेरा कोविड ऐपर भी लॉन्चकिया

राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पैंसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहा है राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्ति करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर आज लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में कोविड नियमों के पालन के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वाजंलि अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही लोग बाबा साहब के मूर्तियों चित्रों पर माल्यार्पण करके राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा किए गये योगदान को याद कर रहे हैं

श्री सिंह ने कहा कि गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे स्थित इक्कीस शहरी क्षेत्र एक हज़ार छह सौ इक्तालीस गांव तथा एक हज़ार अड़तीस राजस्व गांवों को जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि इन सभी गांवों के समुचित और आर्थिक विकास को गति देने के लिये निर्धारित कार्य योजना को तेज़ी से लागू किया जाये जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा के किनारों पर पर्यटन की अपार संभावनाओं के मददेनज़र किनारों पर आबाद धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों और गंगा घाटों को विकसित किया जायेगा